प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नये नागरिकता कानून की दृढ़ता से समर्थन करते हये कहा है कि इसको लेकर गलतफहमी बनी है उसने विश्व के सामने इस बात को भी उजागर किया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय के लोगों के प्रति अत्याचार हो रहा है श्री मोदी आज बेलूर मठ में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे श्री मोदी ने निंदा करते हये कहा कि य्वाओं का एक वर्ग नागरिक संशोधन कानून के प्रति ग्मराह किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ये कानून नागरिकता देने से ज्ड़ा है न कि किसीकी नागरिकता के अधिकार को छीनने से प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी देश का हो यदि भारत में विश्वास रखता है तथा यहां के संविधान को मानता है वो भारत की नागरिकता के लिए निर्धारित प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता कानून में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और वे भी पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जिन्होंने विभाजन के बाद वहां कठनाईयां झेली है उधर केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून वापस नहीं लिया जायेगा और ये पूरे देश सहित जम्मू एवं कश्मीर में भी लागू हो चुका है श्री नकवी ने स्पष्ट किया कि नागरिकता संशोधन कानून देश में किसी की नागरिकता पर कोई आंच नहीं ला रहा है और उन्होंने भारतीय मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त किया कि वो देश के हिस्से है केन्द्रीय गृहमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज जबलप्र में कहा कि नागरिकता सीएए में किसी की नागरिकता छीने जाने का कोई प्रावधान नहीं है उन्होंने स्पष्ट किया इस कानून मे नागरिकता देने का ही प्रावधान है

केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए इस जन जाग्रति अभियान को चला रही है क्योकि विपक्षी दल देशवासियों को सीएए के सम्बध में ग्मराह करने की कोशिश में लगे हये है आज देश भी में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है

स्वामी जी जन्म दिवस और देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इस अवसर पर हरियाणा के सभी जिलो में मैराथान दौड़ आयोजित किये गये तथा य्वाओं पर केन्द्रित कार्यक्रम हये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज रेवाड़ी में रन फार यूथ यूथ फार नेशन मैराथान में भाग लिया और कहा कि आज प्रदेश में चार लाख से अधिक य्वा इस कार्यक्रम में भाग ले रहे है अम्बाला में आज रन फॉर यूथ मैराथन आयोजित हआ जिसमें सैंकड़ो प्रतिभागियों ने दौड लगाई उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने स्वामी विवेकानदं की प्रतिमा पर प्रष्प अर्पित किये और मैराथन रेस को झंडी दिखा कर रवाना किया करनाल में आयोजित रन फार यूथ को खेल मंत्री संदीप सिंह ने हरी झंडी दिखाई और खूद भी यूवाओं व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ दौड़े सिरसा में आयोजित मैराथन दौड़ को बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने हरी झंडी दिखाई जिसमें काफी संख्या में स्थानीय नागरिक व य्वाओं ने हिस्सा लिया ये दौड़ तीन पांच और दस किलोमीटर द्ररी की श्रेणी की थी जिसके विजेताओं को पुरस्कृत किया गया भिवानी में आयोजित रन फार यूथ मैराथन को हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने रवाना किया जिसमें काफी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया पंचकूला में आयोजित दौड़ में भी सैकड़ों छात्रछात्राओं ने भाग लिया जिसे प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद ग्प्ता ने रवाना किया और कहा कि स्वामी विवेकानंद ने य्वाओं में जागृति पैदा करने के लिए बड़ा योगदान दिया उन्होंने स्वामी जी के शिक्षाओं में दिये गये भाषण को भी याद किया ग्रूग्राम में भी आज य्वा दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं से जुड़े कार्यक्रम हये जिसमें केन्द्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह शामिल रहे आज रेवाड़ी रोहतक पलवल यम्नानगर जगाधरी फतेहाबाद तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी मैराथान दौड़ तथा य्वा सभायें की गई

खाप ने जाट आरक्षण के दौरान पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर लगे आरोपों की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है

समारोह में फायरिंग करने वालों पर खाप कड़ी कार्रवाई करेगी खाप के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों शिक्षा या किसी अन्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धि लेने वाले युवाओं को हर वर्ष स्वामी ध्याल धाम पर सम्मानित किया जाएगा हरियाणा के श्रम व रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने सिरसा में कहा कि सीआईडी विभाग सरकार के पास है और मुख्यमंत्री व गृह मंत्री दोनों की सरकार हैं पत्रकारों से बातचीत करते हए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में सबकुछ सामान्य है

तीसरी खेलों इंडिया प्रतियोगिता में महाराष्ट्र का पदक तालिका में पहला स्थान बना हुआ है